सात नवम्बर से ऐसे वाहन नहीं चलेंगे

अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ायी गयी और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना में

राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों में वायु गुणवत्ता की स्थिति अत्यंत खराब हो गयी है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पटना में हवा में प्रदूषण का स्तर चार गुना बढ़ गया है वायु गुणवत्ता सूचकांक ए क्यू आई चार सौ से अधिक हो गया है जिसे अत्यंत खराब स्तर का बताया गया है कणीय तत्व दो दशमलव पांच के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है आज पटना में यह दो सौ अस्सी माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर दर्ज किया गया प्रद्षण के कारण ध्रंध में भी बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान धूंध की स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश नहीं है विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्कता बरतने और बाहर मास्क लगाकर निकलने को कहा है विशेष रूप से दमा और अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को सावधान रहने को कहा गया है इस बीच राज्य में ठंड का असर भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले एक हफ्ते तक विभिन्न प्रभावों के कारण तापमान में उतार चढ़ाव होता रहेगा राज्य सरकार ने पटना और राज्य के अन्य हिस्सों में प्रद्षण के कारण वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति के मद्देनजर विशेष सघन जांच अभियान चलाने का फैसला किया है इसके तहत पंद्रह साल पुराने व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर सात नवम्बर से रोक लगायी जायेगी और राज्य भर में वाहनों के प्रद्षण की जांच के लिये अभियान चलाया जायेगा निजी वाहनों को फिर से प्रद्षण की जांच करानी होगी इस संबंध में मूख्यमंत्री नीतीश क्मार की अध्यक्षता में प्रद्रषण की स्थिति पर ब्रलायी गयी उच्च स्तरीय बैठक में फैसला किया गया बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि खेतों में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है श्री कुमार ने कहा कि बिना ढके चल रहे निर्माण कार्य पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है

मेरी पूअर कैटेगरी में हमलोग चल रहे हैं तो अमी जरूरत है चलाने की वैसे तो अभियान पूरे सालों चलना चाहिए श्री कुमार ने कहा कि डीजल से चलने वाले पुराने ऑटोरिक्शा पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर भी सरकार विचार कर रही है साउंड बाईट सरकार में यह विचाराधीन है कि जितने भी डीजल से ऑटो चल रहे हैं वे सारे अगले किसी एक समय सीमा के बाद से बंद हो जायेंगे सरकार के अंदर ये भी विचाराधीन है कि उनको सब्सिडी दी जाये ताकि सारे सीएनजी या इलेक्ट्रीक वाहन में कन्मर्ट हो सके केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए श्री जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आयोजित एक संगोष्ठी में आम लोगों और सभी हितधारकों से इस दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा श्री जावड़ेकर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस दीपावली में आतिशबाजी में काफी कमी आई है

समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में आज अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कार्यालय के कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया पूलिस सूत्रों ने बताया कि राजद नेता अशोक यादव अदालत से संबंधित कार्य के लिये पहुंचे थे इसी दौरान दो हथियारबंद अपराधियों ने उनपर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गयी घायल अदालत कर्मी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है इधर इस घटना के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है कृषि और पश्पालन मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में कार्यरत पचासी गौशाला केन्द्रों को देशी गाय की खरीद और विकास कार्य के मद में बीस बीस लाख रूपये की मदद दी जायेगी श्री कुमार गया में गोपाष्टमी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पटना में पांच करोड़ रूपये की लागत से एक बड़ी गौशाला स्थापित की जायेगी इधर प्रदेश में गोपाष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर लोगों ने गायों की सेवा की और उन्हें पौष्टिक आहार खिलाया भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल एक दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं श्री नड्डा स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे साथ ही वे पार्टी के सक्रिय सदस्यों के अलावा कोर कमिटी और बिहार विधानमंडल के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे समझा जाता है कि बैठक के दौरान अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं पूर्व सांसद पूर्णमासी राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने की घोषणा की है श्री राम ने कहा कि छह नवम्बर को बेतिया में वे अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे हाल के दिनों में श्री राम पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे जदयू ने जिला संगठन प्रभारियों की सूची जारी कर दी है पटना जिला के लिये विनोद कुमार राय और पटना नगर क्षेत्र के लिये शंभुनाथ सिन्हा को संगठन प्रभारी बनाया गया है देश के पहले खादी मॉल का कल राजधानी पटना में शुभारंभ होगा हमारे संवाददाता ने बताया कि मॉल संस्कृति के प्रति युवाओं और लोगों के बीच बढ़ते आकर्षण को देखते हुए खादी के उत्पादों को नये रुप में यहां प्रस्तुत किया जा रहा है खादी को बढावा देने के लिए परामर्शी के रुप में कार्यरत सैयद अजमत अब्बास रिजवी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि यह मॉल खादी को एक नये रुप में पेश करने का एक प्रयास है

खादी बोर्ड के द्वारा युवाओं युवतियों को और बच्चों को खींचने के लिये खादी में नये नये तरह के डिजाईन स्टीचिंग डिजाईन बनाके खादी मॉल में रखा गया है उसी आधार पर जिस आधार पर लोग मॉल को पूछते हैं और मॉल में जाना चाहते हैं अपने तरह की इस अनूठे खादी मॉल में हथकरघा हस्तशिल्प और अन्य पारंपरिक कला से जुडी चीजों को आकर्षक और आधुनिक तरीके से यहां पेश किया गया है उम्मीद जतायी जा रही है कि खादी मॉल के माध्यम से युवा वर्ग के बीच खादी को और लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले जा रहे संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्रों हेत्थ वैलनेस सेंटरों का लाभ जरूरत मंद मरीजों तक पहुंचाने के लिये इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि मुंगेर जिले के ग्रामीण इलाकों में इस तरह के अठाईस नये केन्द्र खोले जायेंगे

सिविल सर्जन डॉक्टर पुरूषोत्तम कुमार कहते हैं कि जिले में आगामी दो तीन दिनों में कुल अठाईस हेत्थ एण्ड वेलनेंस सेंटर क्रियाशील हो जायेंगे

आकाशवाणी समाचार के लिये मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के पीसीकॉलोनी स्थित एक घर से अपराधियों ने डाका डालकर लगभग पचास लाख रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली अपराधियों ने घर के मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर इस घटना को अंजाम दिया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है वहीं मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुराना बाजार रोड पर एक पेट्रोल पंप मैनेजर से मोटरसाईकिल सवार तीन अपराधी नौ लाख रूपये लूट कर फरार हो गये अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस छापेमारी कर रही है राज्य प्रलिस की एसटीएफ ने मनिहारी डीएसपी पर हमला करने के आरोपित कुख्यात अपराधी जाफर को उसकी पत्नी के साथ कटिहार के धनेठा फलका से गिरफ्तार कर लिया है जाफर कटिहार में एक बैंक से पचास लाख रूपये की लूट के मामले में फरार चल रहा था अपराधी पर पूलिस ने पचास हजार रूपये के इनाम भी घोषणा की थी वहीं राज्य एसटीएफ की मदद से महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई में बैंक डकैती के आरोपित रोहित कुमार को सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महाराजगंज से गिरफ्तार किया जमुई प्रलिस ने अर्द्वसैनिक बलों की मदद से जिले के झाझा क्षेत्र से एक नक्सली कैलाश रजक को गिरफ्तार किया है पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सली के पास से एक रायफल एक मैंगजीन और सात जिंदा कारतूस बरामद किये गये हैं और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर पटना सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में वायु प्रदूषण में तेजी से बढ़ोतरी

सात नवम्बर से ऐसे वाहन नहीं चलेंगे

अदालत परिसर की सुरक्षा बढ़ायी गयी और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना में